स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

पिछले चौबीस घंटे में पच्चीस लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए इस बीच कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण एक मई से श्रु हो रहा है जिसमें अद्वारह से चौवालीस वर्ष के उम्र के लोग भी कोविड के टीके लगवाने के योग्य होंगे इसके लिए आज शाम चार बजे से को विन पोर्टल आरोग्य सेत् एप और उमंग एप पर रजिस्ट्रेशन श्रु हो गया इधर केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड वैक्सीन की एक करोड़ से अधिक ख्राक अभी भी उपलब्ध है एवं उन्हें अगले तीन दिनों में अस्सी लाख़ ख्राके और म्हैय्या करा दी जाएगी भारत सरकार ने अबतक कोविड वैक्सीन के पंद्रह करोड़ पैसठ लाख छब्बीस हजार एक सौ चालीस ख्राके राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निश्ल्क म्हैय्या कराई है

कल उन्होंने उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य स्विधाओं की जानकारी ली ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों के लिये ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यथाशीघ्र श्रु करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर आठ सौ उन्नीस हो गई है और रिकवरी दर बढ़कर पंचानवें दशमलव एक श्र्न्य प्रतिशत हो गई है राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोविड जांच के लिए तीन हजार पंचानवें सैंपल एकत्र किए गए इस दौरान दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तीस लोअर दिबांग वैली जिले से बाईस लोअर स्बनसिरी से पंद्रह पाप्म पारे से चौदह ईस्ट सियांग और तवांग से आठ आठ वेस्ट कामेंग से छह वेस्ट सियांग से चार चांगलांग और लोअर सियांग से तीन तीन लोहित नामसाई और तिराप से दो दो जबकि पाक्के केसांग ईस्ट कामेंग लेपारादा और अंजाव जिले से एक एक मामले शामिल है नए मामलों में एक सौ दस पॉजिटीव लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नही पाए गए स्वस्थ हुए कोविड रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक दस लोअर दिबांग वैली से सात ईस्ट सियांग से चार पाप्म पारे और ईस्ट कामेंग से दो दो जबकि नामसाई लोअर सुबनसिरी और चांगलांग जिले से एक एक मामले शामिल है

भ्रकंप का केंद्र ईटानगर से महज एक सौ पैतालीस किलोमीटर दूर असम के सोनितपुर जिले में था और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता छह दशमलव चार आंकी गई असम के सोनितप्र नौगांव और ग्वाहाटी जबकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग में भ्रकंप के कारण कुछ जगहों पर न्कसान की खबर है इधर अरुणाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के डायरेक्टर अतल तायेंग ने बताया कि भूकंप से तवांग में आठ घर प्री तरह क्षतिग्रस्त हो गए जबकि वेस्ट कामेंग के भाल्रकपोंग में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित होने की खबर है

मंगलवार को आर जी यू रिसर्च स्कॉलर्स फोरम के सदस्यों ने इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्टार से मुलाकात की थी और ज्ञापन देकर यूनिवर्सिटी हास्टल को रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ख्ले रखने का आग्रह किया था यूनिवर्सिटी प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर हॉस्टल को नियम के अन्सार ही बंद कराया गया है और तेजपुर यूनिवर्सिटी डिब्र्गढ़ यूनिवर्सिटी नॉर्थईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जैसी पड़ोस की कई यूनिवर्सिटी में भी एस ओ पी के तहत हॉस्टल बंद किए गए हैं